स्कूली किताबों और मोबाईल रिचार्ज की दुकान को खोलने की अनुमति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में लोगों की मदद करने के उद्देश्य से अब शहरी क्षेत्र के राशनकार्ड विहीन परिवारों को भी एक एक हजार रुपये की सहायता दिए जाने का निर्देश दिया है पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में श्री कुमार ने यह निर्देश दिया मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सर्वे का कार्य नगर विकास और आवास विभाग करेगा

इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीविका दीदियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक हजार रूपये देने के लिए लाभार्थियों की पहचान का जिम्मा दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि जिलाधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि महामारी की अवधि में ऐसे बेसहारा लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिले बिहार में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक सौ छब्बीस पहुंच गयी है कल राज्य में तेरह नये मामले सामने आये स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर में सबसे अधिक सात मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है वहीं बक्सर में चार और रोहतास तथा पटना में एक एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है देशभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर उन्नीस हजार नौ सौ चौरासी हो गयी है इनमें से तीन हजार आठ सौ सत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है जबकि छह सौ चालीस लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग साढ़े सत्रह प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि तेईस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के इकसठ जिलों में पिछले चौदह दिन से कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र ने सभी राज्यों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि कोरोना पर विशेष ध्यान तो हो लेकिन डायलिसिस एड्स कैंसर और अन्य रोगियों का इलाज भी जारी रहना चाहिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में अब तक कोरोना की चार लाख उनचास हजार जांच की जा चुकी हैं उन्होंने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वे एंटीबॉडी जांच दो दिन तक न करें बाईट कल हमको एक स्टेट में से एक कम्पलेन्ट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है हमको पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैम्पल्स थे उनमें वैरिएशन बहुत ज्यादा है लेकिन ये वैरिएशन देखते हुए हमने दो चीजे ठहराई अगले दो दिन में हम हमारे आठ इंस्टीट्यूटस को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स है उनमें से वो लोट्स लेकर उसको टेस्ट करके वेलिडेशन करने की कोशिश करें फील्ड में वेलिडेशन होगा दूसरी बात कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले दो दिन टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें दो दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने की पॉजिशन में रहेंगे केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अपने जारी दिशा निर्देश में कुछ और छूट शामिल किया है नये छूट के अन्तर्गत अब स्कूली किताबों की दुकानों और बिजली चालित पंखों की द्रकानों और प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज की द्कानों को खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं पैक सामानों के गोदामों आदि से आयात निर्यात सुविधा बीज और वानिकी उत्पाद से जुड़ी जांच और अन्य सुविधाएं लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों की व्यापक सूची में शामिल है राज्यों के बीच कृषि और वानिकी गतिविधियों के अनुसंधान केन्द्रों में पौधों और मधुमक्खी के छत्तों की आवाजाही शहद और दूसरे मध्रमक्खी उत्पादों के आने जाने को भी छूट में शामिल किया गया है गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में कार्यालयों वर्कशॉप कारखानों और दूसरे प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है सामान्य प्रशासन विभाग ने लॉकडाउन की अवधि में राजस्थान के कोटा से छात्रा को लाने के लिए अंतर्राज्यीय वाहन पास निर्गत करने वाले नवादा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमार को निलंबित कर दिया है एसडीओ को कर्तव्य पालन में गम्भीर लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है निलंबित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गयी है मुख्य सचिव ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था गौरतलब है कि नवादा के हिसुआ से विधायक अनिल सिंह को यह परिवहन पास जारी किया गया था इधर पटना उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा और अन्य जगहों पर फंसे बिहारी छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में मुख्य सचिव से आज स्थिति स्पष्ट करने को कहा है

कोरोना वायरस रोकथाम उपायों को लेकर गठित अधिकार प्राप्त चौथे समूह के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से उबरने में सहायता कर रहे स्वयंसेवी परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने अधिक संक्रमण वाले इलाकों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने और फील्ड में निगरानी करने का काम कर रहे हैं अधिकारी ने बताया कि कोरोना के प्रबंधन के लिए सत्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पन्द्रह हजार आयुष पेशेवरों को जोड़ा गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरूआत की है प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रशिक्षित विशेषज्ञ त्वरित आधार पर आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी साझा कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु एप विकसित किया है इस एप के शुरू होने के अठारह दिन में ही लगभग सात करोड लोगों ने इसे डाउनलोड किया है ये एप रेडियो सिगनल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति को किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने पर अलर्ट करता है

यदि आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह ऐप आपको अर्लट भेज कर सुचित करता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कोरोना से लड़ने के लिए देश की जनता से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए अरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें दुसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें आकाशवाणी समाचार कर्मियों ने आरोग्य सेत ऐप डाउनलोड करके अपने सहकर्मियों को कोरोना से सुरक्षित किया है आप से भी यह अनुरोध है आप भी इसे डाउनलोड करके अपने स्वजनों और स्वयं को सुरक्षित रखें

केन्द्र सरकार कोविड उन्नीस के लक्षणों के बारे में टेलीफोन पर जन सर्वेक्षण करेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के लक्षणों के बारे में समुचित जानकारी हासिल करने के लिए लोगों से इस सर्वेक्षण में शामिल होने का अनुरोध किया है नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर एनआईसी की तरफ से और एक नौ दो एक नम्बर से कॉल किया जायेगा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि में राज्य के कृषकों के बैंक खातों में ग्यारह अरब पचानवे करोड़ रूपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गयी है यह राशि अप्रैल से जुलाई माह के लिए है इसके तहत राज्य के उनसठ लाख सतहत्तर हजार किसानों को फायदा पहुंचा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पहले यह राशि जून में भेजी जानी थी लेकिन किसानों की परेशानी देखते हुये पहले ही इसका भुगतान किया गया है उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में चौरासी लाख छिहत्तर हजार पेंशनधारियों को तीन महीने की अग्रिम पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग छियासठ लाख उनसठ हजार वृद्ध विधवा और दिव्यांग तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अठारह लाख सोलह हजार लाभुक शामिल हैं लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मदद पहुंचायी जा रही है राज्य के लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा है कि उज्ज्वला योजना मुफ्त खाद्यान्न आवंटन से संकट की घड़ी में काफी राहत मिली है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी विभाग इन पदों पर बहाली के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा राज्यमंत्रिमंडल ने बिहार लोकसेवा अधिकार कानून में राशन कार्ड निर्गत करने और इसमें संशोधन से जुड़े कार्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है कैबिनेट ने संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मार्च और अप्रैल महीने का वेतन बिना उनकी हाजिरी के ही भुगतान करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुये नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है ताकि किसानों को समय पर मुआवजे का भूगतान किया जा सके पिछले कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई बार बारिश आंधी और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का आकलन करने को भी कहा गया है इसके मद्देनजर फसल क्षतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक सप्ताह बढ़ा दी गयी है अब श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आकाशवाणी पटना से हर रोज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिले की हलचल के समय में परिवर्तन किया गया है अब प्रतिदिन जिले की हलचल नये समय से संध्या सात बजकर बाइस मिनट पर प्रसारित होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में तेरह और नये कोरोना संक्रमित की प्रष्टि होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सभी अखबारों ने ज्यादातर कोरोना मरीजों में लक्षण नहीं मिलने को पहले पन्ने की खबर बनायी है दैनिक भास्कर लिखता है बिहार में पचहत्तर प्रतिशत से अधिक मरीजों में कोई लक्षण नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के मामले में हाई कोर्ट ने आज मांगी रिपोर्ट दैनिक आज की सुर्खी है रैपिड किट से कोरोना परीक्षण पर दो दिन की रोक राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना से बचाव में जुटे लोगों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है वॉरियर्स का नया अवतार लड़कर करेंगे बेड़ा पार हिन्दुस्तान ने कैबिनेट के निर्णयों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सूबे में चौंतीस हजार शिक्षक भर्ती होंगे वहीं राज्य कैबिनेट के फैसले को सुर्खी बनाते हुये दैनिक जागरण लिखता है संविदा कर्मियों को बगैर रजिस्टर देखे वेतन

स्कूली किताबों और मोबाईल रिचार्ज की दुकान को खोलने की अनुमति